कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए प्राथमिकताएं तय हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को बनाये रखना है इसमें ढिलाई से नुकसान संभव है उन्होंने कहा कि स्वार्थी तत्व टीकाकरण को लेकर अफवाहें फला सकते हैं ऐसे में राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों को हवा न दी जाये अगर किसी को वैक्सीन से असहजता होती है तो उचित प्रबन्ध किये गये हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि पक्षियों के बीमार होने की जानकारी समय पर मिलनी चाहिए

टीकाकरण अभियान के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं

प्रदेश में काविड टीकाकरण का आज अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में सिविल अस्पताल का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने पांच जिलों मेरठ सिद्धार्थनगर गोरखप्र वाराणसी तथा लखनऊ के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की उन्होंने संबंधित जनपदों में वैक्सीन कोल्ड चेन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन और कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा वैक्सीन बूथ स्थापना से संबंधित कार्यो की जानकारी प्राप्त की

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्टीग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को पूरो सकियता से संचालित रखा जाये साथ हो कान्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस का कार्य पूरी क्षमता से किया जाये वैक्सीनेशन कार्य को अंतविभागीय समन्वय के माध्यम से किये जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन अभियान में नोडल विभाग के रूप में काम करेगा

आज सभी केन्द्रों पर टीकाकरण का प्रर्वाभ्यास किया गया उन्होंने बताया कि पहले चरण में डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जायेगा जिसके सभी आंकड़े ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड टीकाकरण का सबसे बड़ा केन्द्र किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को बनाया गया है

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बूथों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिये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

मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू की जांच बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान आईवीआरआई में कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे गौरतलब है कि दो दिन पूव कानपुर स्थित प्राणि उद्यान में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है यहां पांच जनवरी को मृत पाये गये दो लाल जंगली मुर्गो में जांच के बाद बर्ड फ्लू के लक्षण पाये गये थे

मुख्यमंत्री ने राज्य में एमएसपी के अन्तर्गत धान खरीद कार्य को भी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि धान कय केन्द्रों पर किसानों को कोई भी समस्या अपनी फसल बेचने में नहीं आनी चाहिए

पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने निर्देशित किया है कि मुर्गियों और पक्षियों के बीमार होने के लक्षण दिखाई पड़ते ही मुख्य चिकित्साधिकारी और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सूचित कर दिया जाये पोल्ट्री फार्म संचालक साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें

श्री शास्त्री जी के जन्म स्थान चंदौली के मुगलसरॉय और पैतृक निवास वाराणसी के रामनगर में स्थित उनकी पतिमाओं पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी आयोजित की गयी इस अवसर पर भजन और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें याद किया गया

प्रदेश के अन्य भागों से भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित करने और कार्यकम आयोजन के समाचार हैं

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित माहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि गत सत्रह सितम्बर को राज्य में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या अड़सठ हजार दो सौ पैतीस थी जो कि अब घटकर दस हजार आठ सौ चौसठ हो गयी है राज्य में कोरोना से अब तक आठ हजार पांच सौ चार लोगों की मौत हुई है उन्होंने कहा कि कोरोना काफी नियंत्रित हुआ है लकिन समाप्त नहीं हुआ है इसलिए सावधानी बनाये रखने की आवश्यकता है अब तक राज्य में दो करोड़ चौवन लाख चालीस हजार तीन सौ तिरान्नबे कोरोना जांच हुई हैं प्रदेश के कुछ हिस्सों विशेषकर पश्चिमी जनपदों में शीतलहर के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने प्रदेश के सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर मेरठ बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद पीलोभीत रामपुर और बरेली के आस पास क्षेत्रों में कल और अगले दिन शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है दिल्ली वाराणसी तीव्र गति रेल गलियारे के भू सर्वेक्षण का कार्य कल ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ

भू सर्वेक्षण किसी भी ढांचागत परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है इस तकनीक के जरिए सटीक सर्वेक्षण आंकड़े देने के लिए लेजर और जीपीएस डेटा उड़ान मापदंड और वास्तविक तस्वीरों के संयोजन का उपयोग किया जाता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट आईडीपी जारी करने की सुविधा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहते हुए समाप्त हा गया है मंत्रालय ने कल जारी बयान में कहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इसके नवीनीकरण की पहले कोई सुविधा नहीं थी मंत्रालय ने कहा है कि अब भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशन के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं